पांच लाख रूपये तक का मिलेगा स्वास्थ्य बीमा राज्य के लगभग छह करोड़ लोगों को इस योजना का मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयूष्मान भारत का श्भारंभ आज रांची से करेंगे प्रधानमत्री ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत दस करोड़ से ज्यादा गरीबों का पांच लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा बाईट प्रधानमंत्री इस योजना के तहत देश के दस करोड़ गरीब परिवारों को करीब करीब पचास करोड़ लोगों को अगर गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो सालभर में पांच लाख रूपये तक का हेल्थ इंश्योरेंश दिया जाएगा उधर स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह विश्व में सबसे बड़ी स्वास्थ्य स्विधाओं की वित्त पोषित योजना है जिससे पचास करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा इसमें लाभार्थियों को आवश्यकता के समय नकदी रहित और पेपर लेस सेवा मिलेगी वहीं राजधानी पटना में राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार योजना की शुरूआत करेंगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने बताया कि योजना से प्रदेश के लगभग छह करोड़ लोग लाभान्वित होंगे योजना के क्रियान्वयन के लिये बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति का गठन किया गया है पटना के पीएमसीएच में योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो चुकी है राज्य के विभिन्न जिलों में आरोग्य योजना के लाभार्थियों के बीच कार्यक्रम आयोजित कर मुफ्त इलाज के लिए गोल्डेन रिकॉर्ड कार्ड का वितरण किया जायेगा उन्होंने कहा कि राज्य के लगभग छह करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे मुख्य समारोह पटना में आयोजित किया गया है इस अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किया जायेगा श्री पाण्डेय ने कहा है कि राज्य के तीन सौ तिरानवे सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल इस योजना से जोड़े गये हैं योजना के उद्घाटन के मौके पर केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विधार परिषद के उपसभापति हारून रशीद भी उपस्थित रहेंगे केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण दो हजार उन्नीस की शुरूआत चार जनवरी से होगी शहरी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इस योजना के लिये राज्य के स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित किया जायेगा इस बार ओडीएफ के साथ ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस वर्ग में भी मूल्याकंन किया जायेगा योजना में राज्य के एक सौ तैंतालीस नगर निकाय शामिल किये गये हैं उद्योग विभाग राज्य के खादी के कपड़ों और उसके अन्य उत्पादों को ऑनलाइन बेचेगा इसके लिये विभाग ने वेब पोर्टल अमेजन के साथ एक करार किया है उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि तीस नवबंर को इसकी शुरूआत की जायेगी उन्होंने कहा कि खादी के साथ साथ हैण्डलूम और हैण्डीक्राफ्ट उत्पादों को भी ऑनलाइन बेचने की तैयारी की जा रही है इसमें मध्यबनी पेंटिंग शहद और राज्य के अन्य उत्पाद शामिल हैं राज्य में पॉलीथिन पर रोक लगाने के लिये हर जिले में एक टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे नगर विकास विभाग के अनुसार नगर निकाय क्षेत्र में सीटी स्क्वॉयड का गठन किया जायेगा नये नियमों के अनुसार पॉलीथिन का प्रयोग करने वालों को तीस दिन के अंदर इस पर रोक लगाने की चेतावनी दी जायेगी रोक नहीं लगाने पर उनसे जुर्माना वसूला जायेगा विश्व प्रसिद्ध गया का पितृपक्ष मेला आज से शुरू हो रहा है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विष्णुपद मंदिर के परिसर में मेले का उद्घाटन करेंगे

जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के ठहरने के साथ साथ इस अवधि में चिकित्सा पेयजल और बिजली आपूर्ति की समुचित व्यवस्था की है इस दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुये सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं पिंडदान करने वालों के लिये बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने भी कई पैकेजों की घोषणा की है इस दौरान देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्वालु अपने पितरों का तर्पण और अपने पितरों का पिंडदान करने गया आते हैं मेले को लेकर सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गयी है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने खाद की कालाबाजारी की शिकायत मिलने के बाद जांच का निर्देश दिया है उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों में खाद की कालाबाजारी के रोकथाम और जांच के लिये तेरह उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है यह दल पच्चीस सितंबर तक अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगा उधर श्री कुमार कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बिना किसी केमिकल के प्रयोग के मिट्टी जांच प्रयोगशाला की शुरूआत करेंगे इस प्रयोगशाला में एक दिन में दस से पच्चीस हजार तक मिट्टी नमूनों की जांच की जा सकती है राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति छात्र छात्राओं के लिये तेरह मॉडल स्कूल खोले जायेंगे इन स्कूलों में शिक्षक और छात्र का अनुपात सही होगा और सभी स्कूल प्लस टू स्तर के होंगे स्कूलों में डेस्क बेंच के साथ सभी संस्थान की व्यवस्था एक साथ की जायेगी राज्य के एक सौ तीस शहरों में बिजली कंपनी प्रीपेड मीटर लागायेगी पहले चरण में पटना हाजीपुर आरा बेगूसराय बिहारशरीफ औरंगाबाद सासाराम पूर्णिया और सीतामढ़ी जिले में इसकी शुरूआत की जायेगी कंपनी के अनुसार अगले दो वर्षो में सभी पुराने मीटर को बदलकर प्रीपेड मीटर लगा दिया जायेगा

हालांकि नेपाल और पश्चिम बंगाल से आ रहे बादलों के कारण अभी हल्की बारिश की संभावन बनी हुयी है राजधानी सहित प्रदेश में उत्तरी पूर्वी हवा चल रही है मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में छब्बीस सितंबर तक बारिश की संभावना नहीं है दिन में तेज धूप के कारण उमस भरी गर्मी का सामना भी करना पड़ सकता है राजधानी पटना के नोट्रेडम और लोयला समेत लगभग तीस से अधिक स्कूलों की संबद्धता इकतीस मार्च के बाद से समाप्त हो गयी है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इन स्कूलों को अब तक संबद्धता विस्तार नहीं दिया है बोर्ड के जन संपर्क अधिकारी रमा शर्मा ने बताया कि हर तीन साल पर संबद्धता विस्तार दिया जाता है संबद्धता समाप्त स्कूलों की जांच की जा रही है पूर्णिया में चल रही राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता में पूर्णिया की टीम ने पूर्वी चंपारण को पहले सेमीफाइनल में एक गोल से पराजित कर फाइनल में जगह बना ली है उधर हिमाचल प्रदेश में संपन्न इकतालीसवीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है वहीं मुम्बई में चौबीस से अट्ठाईस सितंबर तक खेली जाने वाली पंद्रहवीं डिवीजन वन राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के लिये बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान की सुर्खी है गांव की बेटी ने ऑस्कर में दस्तक दी पद्मावत को पछाड़ दैनिक जागरण ने स्वास्थ्य योजना पर लिखा है आज लांच होगी सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना दैनिक भास्कर ने पटना मेट्रो पर शीर्षक दिया है पटना मेट्रो में अब पच्चीस की जगह चौबीस स्टेशन ही होगें बेली रोड पर बदला एलाइनमेंट सत्रह सौ करोड़ लागत भी कम हुयी प्रभात खबर लिखता है चौदह वर्षो में साढ़े चार गुनी से ज्यादा बढ़ी बिजली की खपत

पांच लाख रूपये तक का मिलेगा स्वास्थ्य बीमा राज्य के लगभग छह करोड़ लोगों को इस योजना का मिलेगा लाभ